तीन अक्टूबर तक हालात सामान्य होने की संभावना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बूलायी

प्रदेश भर में पिछले चौबीस घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है राज्य में कई स्थानों पर सौ से दो सौ मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है लगातार हो रही बारिश के कारण पटना सहित राज्य के कई शहरों में निचले इलाकों में भीषण जलजमाव हो गया है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना वैशाली और नवादा जिले में कई स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों में दो सौ मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गयी है वैशाली के जंदाहा में सबसे अधिक दो सौ तीस मिलीमीटर जबकि नवादा जिले के रजौली में दो सौ बाईस मिलीमीटर बारिश हुयी है मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश होगी उत्तर और पूर्वी बिहार के चौदह जिलों में भारी बारिश के मद्देनजर विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है तीन अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं वहीं नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अगले तीन दिनों में लगभग तीस सेंटीमीटर बारिश की आशंका जतायी गयी है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर हर जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने से हालात खराब होते जा रहे हैं लगातार हो रही बारिश से पटना शहर के मुख्य इलाके डाक बंगला चौराहा विधानसभा परिसर कंकड़बाग बैंक कॉलोनी भूतनाथ रोड पटना सिटी सालिमपुर अहरा बोरिंग रोड बेली रोड और राजेंद्र नगर समेत अन्य हिस्सों में दो से तीन फूट पानी जमा हो गया है पानी में गाड़ियों के फंस जाने के कारण लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एनएमसीएच परिसर में पानी के प्रवेश कर जाने से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है गर्दनीबाग अस्पताल परिसर में भी पानी प्रवेश कर जाने से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है राजेंद्र नगर इलाके में कई नर्सिंग होम छात्रावासों में पानी प्रवेश कर जाने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है

सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं पटना में कल भी सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने को कहा गया है परीक्षा केंद्रों पर जलजमाव के कारण आज पाटलिप्त्र और पटना विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया नवादा से हमारे संवाददाता अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि जिले की कई बरसाती नदियां उफान पर हैं हिसुआ के पास तिलैया ढाढर नदी पर डायवर्जन बह जाने के कारण बोधगया राजगीर मार्ग पर संपर्क भंग हो गया है रजौली में अम्बेडकर छात्रावास में पानी प्रवेश कर जाने के कारण तीस सौ छात्रों और तीस शिक्षकों को सुरक्षित निकाला गया है पटना और दरभंगा आकाशवाणी परिसरों में भी तीन चार से चार फुट पानी लग गया है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों की सुविधा के लिये हेल्पलाइन नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह छह चार चार जारी किया है इसके अलावा विभाग के पटना स्थित नियंत्रण कक्ष के द्रभाष संख्या दो दो एक नौ आठ एक शून्य पर भी शिकायत या सहायता के लिये फोन किया जा सकता है इस नम्बर के आगे पटना का एसटीडी कोड शून्य छह एक दो लगाना होगा मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में पंद्रह अक्टूबर तक विशेष सतर्कता बरतने को कहा श्री कुमार ने बाढ़ राहत शिविरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये इधर केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना नगर निगम के अधिकारियों के साथ बातचीत कर जलजमाव की स्थिति की समीक्षा की और लोगों की मदद के लिये राहत कार्य चलाने के निर्देश दिये लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियां एक बार फिर उफान पर है पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे गंडक नदी के अमवा खास तटबंध में भीषण कटाव जारी है आशंका जतायी जा रही है कि यदि कटाव के कारण तटबंध का स्लोप कट जाता है तो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सैंकड़ों गांव जलमग्न हो जायेंगे प्रशासन ने एहतियातन निकटवर्ती गांवों को खाली करने का आदेश दिया है यहां कटाव निरोधक कार्य जारी है इधर गंडक बराज से आज सुबह तिरसठ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है भागलपुर और मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ढेंग ब्रिज में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर चला गया है वहीं कमला बलान नदी का जलस्तर मध्रबनी के जयनगर में लाल निशान से ऊपर चला गया है और यहां जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है कोसी नदी भी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुरसेला में खतरे के निशान से ऊपर है वहीं दूसरी तरफ पटना में गंगा नदी के जलस्तर एक बार फिर बढ़ोतरी की आशंका जतायी जा रही है गंगा नदी का जलस्तर अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है जिले के कई निचले इलाकों में गंगा नदी का बाढ़ का पानी फैल गया है जल संसाधन विभाग ने भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है विभाग के इंजीनियर तटबंधों की लगातार चौकसी कर रहे हैं भारी बारिश के चलते बिहार से होकर गुजरने वाले अधिकतर रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है विभिन्न ट्रेनों को बारिश के मद्देनजर नियंत्रित गति से चलाया जा रहा है दरभंगा समस्तीपूर रेलखंड पर किशनपूर और रामभद्रपूर स्टेशनों के बीच धनहर पूल के नीचे मिट्टी धंसने से ट्रेनों का परिचालन कई घंटे तक बाधित रहा बाद में ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है रेलवे ने दरभंगा डिब्र्गढ़ एक्सप्रेस समस्तीपुर जयनगर पैसेंजर दरभंगा समस्तीपुर डेमू दरभंगा रक्सौल डेमू सहित इस मार्ग की सात ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है वहीं आरा सासाराम रेलखंड पर एहतियातन कल तक के लिए दस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में कच्चे मकान ढहने की खबर है शेखपुरा जिले में घाटकुसुम्भा प्रखंड में एक मकान के ढहने से छह लोग घायल हो गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक कार्यक्रम की यह संतावनवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख इस साल इकतीस दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विश्व शांति के लिए आतंकवाद को बड़ा खतरा बताते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया से आतंक समाप्त होगा श्री राय दरभंगा में भाजपा के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में भारी बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त

तीन अक्टूबर तक हालात सामान्य होने की संभावना मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बूलायी